राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार पिछले चौबीस घंटो में दो सौ चौवालीस कोविड रोगी स्वस्थ हुए जबकि एक सौ उन्यासी नए मामले दर्ज किए गए ईटानगर राजधानी क्षेत्र मे सबसे अधिक पचासी रोगी स्वस्थ ह्ए जबकि अंजाव में इकतालीस तिरप में तेईस वेस्ट सियांग में बीस ईस्ट सियांग में अद्वारह लेपारादा में ग्यारह अपर स्बनसिरी में दस और चांगलांग जिले में नौ कोविड स्वस्थ हए इसके अलावा लोअर दिबांग वैली जिलें मे छह अपर सियांग लोहित पापुमपारे और लोअर स्बनसिरी में चार चार क्रुंग क्में में दो वेस्ट कामेंग नामसाई और क्रा दादी जिले में एक एक कोविड रोगी स्वस्थ हए राजधानी क्षेत्र के म्ख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनदीप परमे ने कोविड रोगियों की संख्या के बारे में जानकारी देते ह्ए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की

जिला चिकित्या अधिकारी कालिंग दाई ने बताया कि पहली डिलिवरी गत सोलह अक्टूबर को अपर सियांग जिले की अड़तीस वर्षीय कोविड रोगी ल्कज्न जिलेन की कराई गई उन्होने बताया कि पासीघाट की तोतर काई और आलो की तुमजुम ऐते की कोविड बीमारी के बावजूद चिकित्सको के दल ने ऑपरेशन कर डिलिवरी कराई उन्होंने कहा कि तीनों महिलाएं और उनके नवजात शिश् स्वस्थ के

बल के जवानों ने प्रे होलोंगी क्षेत्र में कोविड से बचाव के लिए मास्क लगाने हाथो को सेनेटाइज करने और दो गज की दूरी बनाए रखने के संदेश का प्रचार प्रसार किया इस अवसर पर स्थानीय लोगो को कोविड दिशानिर्देशों के पालन की शपथ भी दिलाई गई आई टी बी पी के सब इंस्पेक्टर स्शील क्मार ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अन्सार बल के जवान स्थानीय लोगो को कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जागरुक कर रहे है

प्लिस के साथ स्रक्षाबलों की कार्रवाई के दौरान उग्रवादी समूह ने स्रक्षाबलों पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में बलों का कार्रवाई में एक कैडर मारा गया मौके से स्रक्षाबलों ने तीन राउंड जिंदा कारत्स एक पिस्टल और चाईनिस हेंड ग्रेनेड बरामद किया है

उन्होंने कहा कि बिना एन ओ सी लिए हुए आर्थ काटिंग करने वाले लोगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी श्री पोतम ने कहा है कि जिला प्रशासन ने इस संबंद्ध मे समय समय पर दिशानिर्देश जारी किया है और इसका पालन करते हुए निर्माणकार्य किया जाना चाहिए उन्होंने लोगो से भीड़ से बचते हए कोविड दिशानिर्देशों के अन्सार मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की

जिसके तहत लोहित जिले के ताफरागाम की स्व सहायता समूहो की महिलाओ ने कृषि विभाग से सब्डिडी पर खेती में काम आने वाले मशीनों की खरीद की है इससे स्व सहायता समूह खेती और किचन गार्डेन के कार्य में सहयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से ज्ड़ी स्व सहायता समूह की महिलाए अपने अन्भव का आदान प्रदान कर एक तरफ जहां क़षि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दे रही है वही इससे उन्हे आर्थिक रुप से मजबूत होने का अवसर भी मिल रहा है